विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद ग्प्ता ने घोषणा की कि सत्र के दौरान बेहतर कारगुज़ारी दिखाने वाले विधायक को सम्मानित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विशालता और इसमें विविधता के होने से होने से हमारे देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा उठता है

उन्होंने कहा कि महिलायें रेशम के कीड़े के धागे से साडिय़ां बना कर कैसे म्नाफा कमाती है और समाज को प्ररेणा को देती है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि न्याय तक आम लोगों की पहंच को अधिक स्गम बनाने के लिए कई ब्नियादी स्धार के लिए उच्चतम नयायालय की सराहना की जानी चाहिए नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के समापन सत्र में अपने सम्बोधन के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम नयायालय ने महिलाओं को सेना में बराबरी का दर्जा देने पर प्रगतिशील सामाजिक बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाई है

गत वर्ष श्रू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसान परिवारों की आमदनी बढ़ाने तथा उनकी खेतीबाड़ी व घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना क अंतर्गत हर परिवार को छ हजार रूपये सलाना उनके खाते में डाले जाते है

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्रुप्ता ने कहा है कि सत्र के दौरान गरिमा और मर्यादा बनाये रखने के साथ साथ् जनता की बात रखने वाले विधायक को सर्वश्रेष्ठ खिताब प्रदान किया जायेगा